जालौर जिले में दो हादसों में छह लोगों की मौत आठ अन्य घायल

इनमें दस राज्यों की सभी लोकसभा सीटें शामिल हैं

पहले चरण के मतदान से जिन प्रमुख उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा उनमें केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी विजय क्मार सिंह महेश शर्मा सत्यपाल सिंह और हंसराज अहीर शामिल हैं इसके अलावा पूर्व केन्द्रीय मंत्रियों अशोक गजपति राजू हरीश रावत अजीत सिंह संजीव बलयान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी और एमआईएम के नेता असीद्ददीन ओवैसी के भी राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा

ऐसे में राजनीतिक दलों ने विभिन्न निर्दलीय उम्मीदवारों को नाम वापस लेने को लेकर प्रयास तेज कर दिये हैं

जयपुर संसदीय क्षेत्र पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल ने भी कल पर्चा भरा

कल इस संबंध में न्यायालय में सुनवाई पूरी हुई केन्द्र ने इस योजना की वकालत की है अटॉर्नी जनरल ए के वेणुगोपाल ने अदालत से कहा कि लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे पर कोई आदेश पारित ना किया जाए गौरतलब है कि मामले में मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायाधीश दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ सुनवाई कर रही है अटॉर्नी जनरल की दलील पर जस्टिस दीपक ग्रप्ता ने कहा कि प्ररी प्रकिया में पारदर्शिता नहीं है

उन्होंने कहा कि मतदाता जागरूकता और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के विभाग के प्रयासों में मीडिया सक्रिय भूमिका निभा रहा है

श्री जोशी ने बताया कि शिकायत में कहा गया है कि झुनझुनवाला द्वारा छपवाई गई एक छोटी पुस्तक को आचार संहिता के दौरान जनता में वितरित किया जा रहा है जिसमें उनके समूह द्वारा किए गए कार्यो का उल्लेख है पुस्तक पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के फोटो भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह के साथ प्रकाशित हैं पुस्तक पर मुद्रक प्रकाशक और प्रतियों की संख्या भी अंकित नहीं है

अदालत ने संयुक्त कार्मिक सचिव और कर्मचारी चयन बोर्ड को जवाब पेश करने के लिए समय दिया है न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिये

सभी घायलों का जालौर और भीनमाल के अस्पतालों में इलाज चल रहा है

न्यास के सहायक निदेशक ने पत्रकारों को बताया कि अजमेर में पहली बार ये मेला लगाया जा रहा है

इसमें हिंदी अंग्रेजी उर्द् भाषाओं की पुस्तकें साहित्य प्रेमियों के लिए उपलब्ध रहेगी

एक समय निश्चित जीत की ओर बढ़ रही रॉयल्स की टीम से चेन्नई के तुफानी बल्लेबाज मिशेल सेंटेनर ने अंतिम गेंद पर मैच का रूख अपने पक्ष में मोड दिया पूरे मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी और अंबाती रायडु छाए रहे

आंधी के कारण कई जिलों में कच्चे झौपड़ें होर्डिंग्स और लोहे की चददर उड़ गए हमारे नागौर संवाददाता ने बताया कि जिले में इस दौरान बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा